वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और युनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया जाएगा इसी तरह केनरा बैंक में सिंडीकेट बैंक का विलय और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय होगा यूनियन बैंक के साथ आंधा बैंक और कार्पोरेशन बैंक का विलय किया जाएगा

वित्त मंत्री नले आश्वस्त किया कि विलय के बावजूद बैंक कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जाएगी

इसके बाद विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था

उन्होंने बताया कि सरकार इसी वर्ष चार हजार केन्द्र खोलने की कोशिश कर रही है आज नई दिल्ली में योग के विकास और इसे बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश भर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोले जा रहे हैं

आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये कोच्चि में मनोरमा न्यज कॉन्क्लेव को सम्बोधित करते हुए उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे लोगों के बीच सेतु का काम करें और विभिन्न भाषाओं के लोगों को और पास लाने में सहयोग करें कॉनक्लेव में मुख्य भाषण देते हये केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि करो सुधारो और बदलो नये भारत के दृष्टिकोण के तीन स्तम्भ हैं प्रेस की स्वतंत्रता विचारों की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता सरकार की नया भारत नीति के अभिन्न अंग है

बोर्ड ने अब हर साल मुल कीमत में साढे आठ प्रतिशत ब्याज ही जोडने का निर्णय किया है आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि बोर्ड ने एक परिवार में आवासन मंडल का एक ही आवास आवंटित करने के नियम में भी ढील देने का निर्णय किया है

अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे में आयोग जोधप्र और जयपुर में अर्थशास्त्रियों नीति निर्माताओं व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा आयोग मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ भी बैठक करेगा

श्री बेनीवाल की मांग है कि बंजारा बस्ती को अतिक्रमण के नाम पर जहां से हटाया गया है वहां उनका पूनर्वास किया जाए श्री बेनीवाल इसके अलावा जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर तीन विधायकों के साथ कल से महापडाव पर बैठे हैं अजमेर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक सजीव नारजरी और संभागीय आयुक्त एल एन मीणा भी नागौर पहुंच गए हैं महापड़ाव स्थल के आसपास शाति व्यवस्था बनाये रेखने के लिए भारी पुलिस बल और एसटीएफ के जवान तैनात किए गए हैं इस बीच विधानसभा में प्रतिपक्ष के उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर नागौर जिले के ताऊसर गाँव में बंजारा समाज के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है श्री राठौड ने आज एक बयान में कहा कि कांग्रेस सरकार ने ताऊसर गाँव से बंजारा समाज को बेदखल कर निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए है उन्होंने कहा कि जब तक बंजारा समाज को न्याय नहीं मिल जाता भाजपा चप नहीं बैठेगी

उन्होंने आज बीकानेर में एक कार्यशाला में कहा कि किसानों को खेती के साथ ही मछली पालन पश्पालन और मध्मक्खी पालन जैसे कार्य भी करने चाहिए

इस प्रतिनिधि मंडल में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी और मदन दिलावर शामिल थे श्री कटारिया ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी और आंदोलन किया जाएगा

अजमेर जिले में औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए विवाद और शिकायत तंत्र का गठन किया गया है इसमें निवेशक और उद्यमी अपनी समस्याओं को निराकरण के लिए रख सकंगे

नागौर जिले के डीडवाना रोड पर एक कार की टक्कर से सड़क पर खड़े युवक की मृत्यु हो गयी

जबकि कई जगह हलकी से मध्यम बरसात हुई है टोंक और नागौर में दोपहर बाद अचानक तेज बारिश होने से मौसम ख्शन्मा हो गया उदयपुर में मूसलाधार बारिश का दौर दोपहर से शुरू हुआ

अजमेर और माउंटआबू में तेज वर्षा हुई ताजा बारिश के बाद नक्की झील के ओवरफलो होने की संभावना है

विभाग के क्षेत्रीय निदेशक शिव गणेश ने बताया कि इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है